राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री जावंडेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसे फेक न्यूज़ और झूठी तथा भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्टि योगदान के लिए पत्रकारों को पुरस्कृत किया

इसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबद्ध राज्य के विभिन्न जिलों से नामित मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा

इसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव और उपसचिव तथा प्रदेश के नोडेल जनगणना अधिकारी शामिल होंगे इनके अलावा जनगणना कार्य निदेशालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे उद्योग पुरस्कार प्रदेश की सूक्ष्म लघू और मध्यम औद्योगिक इकाईयों को श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिये राज्य स्तरीय प्रस्कारों से सम्मानित किया जायेगा एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिये इकाईयों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं

प्लास्टिक कलाकृति सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ संदेश देने के लिये देवास के कलाकारों ने दो लाख बोतलों के ढ़क्कनों से महात्मा गांधी की कलाकृति बनाई है कलाकारों का दावा है कि अब तक दुनिया में कहीं इस तरह बापू का पोट्रेट नहीं बनाया गया है

पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार बिलासपुर भोपाल भोपाल बिलासपुर निरस्त रहेगी इसके अलावा बिलासपुर कटनी बिलासपुर मेमू गाड़ी शहडोल स्टेशन पर शॉट टर्मिनेट होगी और शहडोल कटनी शहडोल स्टेशनोँ के बीच आंशिक निरस्त रहेगी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर मोहित बुंदस ने इन पटवारियों के निलम्बन संबंधी आदेश जारी किये आदेश में बताया गया है कि राज्य के कई जिलों में यह कार्य शतप्रतिशत पूरा हो गया है